धर्मशाला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की छवि देश विदेश में बहुत ही व्यापक है इसलिए वातावरण भी साफ छबि का बनाना होगा इससे पहले इसी सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लघु जलविद्युत परियोजनाएं लगाने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है

कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर के एक अन्य सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि माइक्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वालों को कोई परेशानी न हो इसके लिए कारगर कदम उठाने के अलावा कमेटियां बनाई जाएंगी

विधानसभा चर्चा सहकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश में कार्यरत्त सहकारी बैंकों व सहकारी सभाओं में व्यवसायिक और प्रमाणित लोगों से ऑडिट करवा कर गड़बड़ियों को खत्म किया जाएगा विधानसभा में भाजपा के बलबीर सिंह और राकेश जम्वाल द्वारा इस संबंध में चर्चा के लाए गए संकल्प के जवाब में ये बात कही उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं में परिवारवाद को खत्म कर योग्य व्यक्तियों को ही इनमें काम करने का मौका दिया जाएगा राजीव सहजल ने कहा कि सहकारी बैंक व सभाओं के सदस्यों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने के अलावा इनकी कार्यप्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े स्तर पर निरीक्षकों की भर्तियां की जाएंगी और जहां गड़बड़ियां पाई गई हैं वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है बाद में सदस्यों द्वारा सहकारी सभाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी संकल्प को वापिस ले लिया गया नगर परिषदों के साथ लगते गांव को नगर व ग्राम योजना के नियमों से बाहर करने और इसमें ढील देने के बारे में भाजपा के राजेन्द्र गर्ग द्वारा लाए गए संकल्प पर बोलते हुए शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आश्वासन दिया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या आ रही है वहां विभाग द्वारा सही व्यवस्था करने का काम किया जाएगा उनके आश्वासन के बाद सदन में सर्वसम्मति से इस संकल्प को वापस ले लिया गया

उन्होंने बताया कि भाजपा बूथ स्तर का राजनीतिक संगठन है और पार्टी कार्यकर्ता केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बूथ तक पहुंचाएंगे चंद्र मोहन ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे मौसम प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी का कम रूक रूक जारी रहा जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति व किन्नौर सहित कुल्लू चंबा और शिमला ज़िले की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का समाचार है

डलहौजी खजियार मार्ग भी बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है इस बीच प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजियार में घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है जबकि मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गहरी धूंध छाए रहने की चेतावनी दी है

वे आज नाहन में यूको बैंक की वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने योजना के तहत लाभार्थी से किसी प्रकार की प्रतिभूति न लेने के अधिकारियों को निर्देश दिए

नमस्कार